स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र केरल आंध्र प्रदेश गोवा और चंडीगढ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से यह साबित किया है कि अगर सुरक्षित दूरी का उचित ध्यान नहीं रखा गया तो कोविड महामारी का संक्रमण दो गुना तक बढ़ सकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से ठीक होने की दर सत्तानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत है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

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन करते हुये कहा कि ये हाट कला शिल्प और पारंपरिक भोज्य पदार्थो को बढावा देने का महत्वपूर्ण साझा मंच है श्री सिंह ने कहा कि ये वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है उन्होने कहा कि हुनर हाट ने राजस्थान के दाल बाटी चूरमा को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है

तीन दिन के इस शिविर में स्काउड गाइड को प्रकृति संरक्षण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जा रही है शिविर के तहत स्काउड गाइड ने आज ब्रंदी के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर की

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् ने एक वेबिनार को संबोधित करते हये मातुभाषा की उपयोगिता की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होने कहा कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है शिक्षा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा मातुभाषा के बारे में जागरूकता बढाने के लिये इस बार चार दिन का वर्चअल आयोजन किया जा रहा है

गिरादड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रही इस प्रतियोगिता में पुरूष वर्ग में आठ टीमें और महिला वर्ग में चार टीमें भाग ले रही हैं

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में बढोतरी की संभावना है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाएं साझा करने का आग्रह किया है श्रोता नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं